उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने मीडिया से फेक न्यूज तथा पेड न्यूज से बचने का आहवान किया है

धुलंडी का पर्व आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कल देर रात तक होलिका दहन किया गया चुनाव आयोग की पहल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया आईएएमएआई ने आदर्श चुनाव के मद्देनजर स्वैच्छिक आचार संहिता पेश की सोशल मीडिया के लिए आचार संहिता को लेकर चुनाव आयोग की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आईए एमएआई के साथ नई दिल्ली में बैठक हई थी जिसमें फेसब्क व्हाट्सऐप ट्विटर ग्रगल और अन्य सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि प्लेटफॉर्म को सिन्हा समिति की सिफारिशों के अनुसार किसी भी उल्लंघनों की रिपोर्ट पर तीन घंटे के भीतर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है प्लेटफॉर्मो ने चुनाव आयोग के लिए लोकसभा चुनाव की अवधि के दौरान एक उच्च प्राथमिकता वाले समर्पित रिपोर्टिंग तंत्र बनाने और किर्सी भी उल्लंघन की रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए टीमों को नियुक्त करने पर भी सहमति व्यक्त की है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर परिषद एक श्रेष्ठ संघीय संस्था है और इसने व्यापारियों तथा आम लोगों के लाभ के लिए अनेक मुद्दों का निष्पादन किया है टवीटर पर एक वीडियो संदेश में कल उन्होंने कहा कि जी एस टी परिषद के सफल अनुभव का अन्य क्षेत्रों में प्रयोग किया जाना चाहिए

अदालत का कहना था कि जमानत देने पर उसके दोबारा अदालत में पेश नहीं होने की आशंका है

प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में ब्रिटेन की सरकार से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था जिसके बाद लंदन की एक अदालत ने उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया से कहा है कि वह नेताओं द्वारा किए गए कार्यों और विधानसभाओं तथा संसद में बहस के दौरान उनकी भागीदारी की जानकारी मतदाताओं को दें ताकि लोगों को लोकसभा चुनाव में अपना नेता चुनने में मदद मिल सके श्री नायडू ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा आयोजित पहले अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान में श्री नायडू ने कहा स्वर्गीय वाजपेयी देष में संपर्क कांति के प्रणेता थे आम चुनावों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के उत्सव में मीडिया को फेक न्यूज और पैड न्यूज से बचना चाहिए उन्होंने फर्जी खबरों से निपटने के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों का जिक किया और कहा कि चुनाव में मीडिया की अहम भूमिका है क्योंकि इस समय लोगों के फर्जी खबरों का प्रचार करने की आशंका बढ जाती है कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि मीडिया के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो पारदर्शी और निष्पक्ष हो

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज चौकीदार शब्द देशभक्ति और ईमानदारी से काम करने वालों का पर्याय बन गया है उन्होंने कहा कि चौकीदारों की हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका है लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली में तीसरी बैठक हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए ध्लंडी का पर्व आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है लोग सुबह से ही टोलियां बनाकर चंग की थाप पर फागुनी होली गीतों का आनन्द ले रहे हैं और एक दूसरे के घर जाकर रंग लगा रहे हैं बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है ध्रलंडी पर आज पानी की अतिरिक्त सप्लाई होगी जलदाय विभाग ने सभी संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं को तय सीमा पर सप्लाई शुरू करने के निर्देश दिए है

भरतपुर में सुबह से ही लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं सवाई माधोपुर में भी परम्परागत और हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है

इससे पहले कल प्रदेश में कई स्थानों पर देर रात तक होली का दहन किया गया

संगीत संध्या की शुरूआत गुलाबो सपेरा पार्टी के घूमर नृत्य से हुई इसके बाद राधावल्लभ सक्सैना डॉ विजेन्द्र गौतम और प्रो सुमन यादव ने अपनी प्रस्तुतिया दी कार्यक्रम में प्रमुख आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों सपेरा की प्रस्तुति रही गुलाबों और उनकी पार्टी द्वारा किए गए कालबेलिया नृत्य ने कार्यक्रम में समा बांध दिया

होली के पावन पर्व पर जयपुर में तेजगति और लापरवाही से वाहन चलाने पर लाइसेंस जब्त कर निलम्बित किया जायेगा साथ ही वाहन चलाते समय एक दूसरे पर पानी और रंग भरे गुब्बारे और अन्य कोई वस्त फेंकने पर कार्यवाही की जायेगी होली पर यातायात सुरक्षा व्यवस्था सुचारु बनाये रखने और इसके लिए पुलिस विभाग ने आमजन से सावधानी बरतने की भी अपील की है पुलिस उपाय्क्त यातायात राहुल प्रकाश ने बताया कि यातायात पुलिस द्र्घटना शाखा के अधिकारी सवाई मानसिंह अस्पताल कावंटियां अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल में तैनात किये गये हैं बीकानेर में मतदाता जागरूकता के लिए होली पर नया तरीका अपनाया गया है शहर में एक लोक कलाकार द्वारा दुपहिया वाहन पर तैयार विशेष स्वांग मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित करेगा